आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा

राज्य सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित लघ् वृतचित्र ईमानदार प्रयास का एक साल विकास का यू ट्यूब पर उपलब्ध है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये वृतचित्र सूचना व जन संपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया है जो पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को दर्शाता है

अभियान को लेकर विभागीय तैयारियों की समीक्षा करते हुए शिमला ज़िला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज मित्तल ने बताया कि इस दौरान विशेष तौर पर टीबी रोग से ग्रसित व्यक्तियों की तलाश की जाएगी लाहौल स्पीति ज़िला भाजपा ने कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा के एक साल के कार्यकाल को सफल बताते हुए उनका रिपोर्टकार्ड जारी किया है भाजपा ने दावा किया है कि रामलाल मारकण्डा ने एक साल में रिकॉर्ड विकास के कार्य कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है जिला भाजपा अध्यक्ष राजेन्द्र बौद्ध और सचिव संजीव कुमार ने कल केलंग में कृषि मंत्री का रिपोर्टकार्ड जारी करते हुए ज़िले में हुए विभिन्न विकास कार्यो की सूची मीडिया को सौंपी राजेन्द्र बौद्ध ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने जनजातीय इलाकों में सर्दियों के दौरान होने वाली हैलीकॉप्टर उड़ानों का खर्च जनजातीय बजट के बजाय आम बजट से खर्च करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के नियुक्त होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने डॉ सुरेश कमार दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हिमाचल सरकार ने अधिसूचना जारी कर तमाम अटकलों पर लगाया विराम डॉ सोनी स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हिमाचल दस्तक के शब्द हैं बिलासपुर कॉलेज के प्रोफेसर शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने दैनिक जागरण और पंजाब केसरी का लगभग एक जैसा शीर्षक है डॉ सुरेश सोनी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष

दैनिक भास्कर की एक खबर है हिमाचल में आउटसोर्स भर्तियों का काम इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन करेगा जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सरकारी एंजेसी करेगी आउटसोर्सिंग का काम दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है पिछड़े हलकों में विकास को गति देगी सरकार वहीं आपका फैसला के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर तैयार की जाएंगी डीपीआर

अजीत समाचार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखता है ससंदीय क्षेत्र हमीरपुर से पार्टी हाईकमान तय करेगी प्रत्याशी मौसम से जुड़ी खबर पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है हिमाचल समेत उत्तर भारत शीत लहर की चपेट में कई जगह पारा शून्य डिग्री से नीचे अमर उजाला के शब्द हैं हिमाचल में आज से उंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय ठगी के तरीके में लिखता है कि बार बार फोन कॉल्स पर खाते की जानकारी देकर ठगे जाने के बावजूद कोई भी व्यक्ति सबक सिखना नहीं चाहता ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है